प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांतिलाल भूरिया को जीत पर बधाई देते हुए क्षेत्र के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकर्रश सिंह ने झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि उनका दल जनता के आदेश का सम्मान करता है

इस सीट के जीत के बाद उसके विधायकों की संख्या बढ़कर एक सौ पन्द्रह हो गई है विस चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चूनावों के अब तक प्राप्त परिणामों और रुझानों के अनुसार महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना गठबंधन की सरकार फिर बनती नजर आ रही है

पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के फायदे प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचे वाराणसी में आज अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह बात उनके लिए बड़े संतोष और गर्व की है कि पार्टी कार्यकर्ता काशी में कई विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद कर रहे हैं स्वच्छता के बारे में उन्होंने कहा कि इससे लोगों के व्यवहार में बदलाव आना चाहिए

इस प्रकार दक्षिण एशियाई देशों में भारत ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है

प्रसार भारती प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहुत जीवन्त समाचार व्यवस्था होगी उन्होंने विश्वास जताया कि यह सेवा विश्व की सबसे अच्छी समाचार एजेन्सियों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगी

उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान को केन्द्रित करते हुये यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है अमित शाह आभार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के मंतदाताओं का आभार व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश के जरिए श्री शाह ने चुनाव में सफलता के लिए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव मेँ भी पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में जिताने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया

किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि किसानों को ई उपार्जन पोर्टल पर मक्का सोयाबीन मूंग उड़द अरहर मूंगफली कपास तिल और रामतिल उत्पादक किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है

गोपाल पुरस्कार गौपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के पश्पालन विभाग ने गोपाल पुरस्कार योजना शुरू की है इस योजना में देसी नस्ल की ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंस के पालको को पूरस्कृत किया जायेगा

सांत्वना प्रस्कार के रूप में पांच पांच हजार रुपये दिये जायेंगे नशामुक्ति प्रशिक्षण नशे से लोगों को मुक्त कराने के उद्देश्य से सागर में पुलिस का दूसरा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ

कार्यकम में सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के निदेशक जी जनार्दन ने बताया कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की पहचान करने के तरीके इनसे होने वाली कठिनाइयों से निपटने और पीड़ित व्यक्तियों के प्रनर्वास के संबंध में विशेषज्ञों ने जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अपने अपने जिलों में नशामुक्ति को लेकर जन जागरुकता अभियान चलायेंगे

रायसेन जिले के चिलवाहा मे आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई

गौरतलब है कि व्यापारियों द्वारा ये सिक्के लेने से इंकार करने पर नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था